रूड़की में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुईं

कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

सीएम बैठक म्ख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्लिस विभाग के लिए आने वाले समय में क्म्भ और चारधाम यात्रा च्नौतीपूर्ण रहेगी है इसलिए क्म्भ और चारधाम यात्रा की सफलता के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं पुलिस विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि पहला शाही स्नान बह्त ही सफल रहा है आगे के महत्वपूर्ण स्नानों में श्रद्वाल्ओं की संख्या और बढ़ेगी उन्होंने कहा क्राउड मैनेजमेंट की पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए यदि और अधिक फोर्स की आवश्यकता हो तो इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी क्म्भ के लिए और फोर्स उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है केंद्रीय कमेटी केंद्र सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय बीमारी नियंत्रण केंद्र के एक दल ने हरिदवार में कृंभ मेले में स्वास्थ्य स्विधाओं और महाकृंभ मेले में आने वाली भीड़ से कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की एनसीडीसी के निदेशक डॉ डीके सिंह ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में विशेषज्ञों का दल हरिद्वार भ्रमण पर है उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले भी एक दल हरिद्वार का दौरा कर चुका है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए थे उन्होंने महाकृभ मेले के लिए बनाए गए अस्थाई चिकित्सालय और सरकारी अस्पतालों सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे अस्पतालों में आरक्षित बेड और आईसीयू पर संतोष जताया उन्होंने कहा कि महाक्भ मेले के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई है

उन्होंने बताया कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है

कार्यशाला सीएम म्ख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि नशा समेत तमाम विकृतियों से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें संस्कारवान बनाना होगा संस्कारित बच्चे जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होते मुख्यमंत्री ने बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति रोकथाम और प्नर्वास विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति को लेकर जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल से ज्यादा समय अपने घर पर बिताते हैं लिहाजा बच्चों को संस्कारवान बनाने की जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है बच्चों की गतिविधियों पर बराबर नजर बनाने की जरूरत है ताकि उन्हें गलत दिशा में जाने से रोका जा सके उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि देश के य्वा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं म्ख्यमंत्री ने कहा कि नशा म्क्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान में सिर्फ सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं हो सकते इसके लिए सामाजिक संगठनों संस्थाओं और समाज के गणमान्य लोगों को भी आगे आना होगा राज्यपाल हरिदवार राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि उत्तराखण्ड में महिलाएं यहां की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है राज्यपाल ने रूड़की में महिला सशक्तिकरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की अभुतपूर्व सफलताओं के सैकड़ों उदाहरण हैं

चाहे प्रशासन हो या उद्योग या स्वरोजगार हर जगह महिलाओं ने अपनी योग्यता सिद्ध की है

वनाग्नि प्रबंधन बैठक म्ख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में वनाग्नि प्रबंधन की बैठक में कैम्पा में स्वीकृत धनराशि को फील्ड लेवल तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि वनाग्नि शमन के दौरान मृतक कार्मिकों और स्थानीय नागरिकों के परिवारों को अन्ग्रह राशि जल्द उपलब्ध कराई जाएं उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को वनाग्नि शमन के लिए हेलीकाप्टर की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन पंचायतों और स्थानीय लोगों की सहभागिता बहत जरूरी है इसलिए स्थानीय लोगों के हक हक्क का समय से वितरण किया जाए

साथ ही फॉरेस्ट फायर कन्जरवेंसी सिस्टम को विकसित कर आमजन में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए दुर्घटना उधमसिंह नगर जिले के किच्छा में कार और ट्रक की टक्कर में चार लोगों की मृत्य् हो गई जबकि चार अन्य घायल हैं आज सुबह करीब साढ़े छह बजे गदरपुर से बेटी की शादी कराकर लौट रहे परिवार की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी इसमें दल्हन की मां दादी समेत चार लोगों की मौत हो गई ट्रक चालक मौके से फरार हो गया

कार्यशाला में देश के कई प्रान्तों से प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी नवनीत पांडेय ने कहा कि जलस्तर को बढ़ाने नदियों को साफ करने जल जंगल को बचाने के प्रयास करने होंगे उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को साथ लेकर इस दिशा में काम करना होगा उन्होंने नमामि गंगे को महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि इस मिशन को जन अभियान बनाना होगा एसएसजे विश्वविद्यालय के क्लपति प्रोफेसर नरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि गंगा जीवनरेखा गंगा के जल को कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके लिए कार्य करना जरूरी है पाठ्यक्रम में मातृभाषा राज्य सरकार के फैसले के अन्रूप आगामी शिक्षा सत्र में कक्षा एक से पांचवीं तक क्माउंनी और गढ़वाली भाषा की किताबों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है इसको लेकर बागेश्वर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विचार मंथन गोष्ठी का आयोजन किया गया गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि बच्चों में औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ सरलता से हो सके इसके लिए मातृभाषा से बेहतर माध्यम अन्य नहीं हो सकता है बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही हो तो बोली भाषा को बचाया जा सकता है गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि हमें अपनी बोली और भाषा को जीवित रखने के लिए आगे आकर कार्य करने होंगे वायू प्रदूषण बैठक उधमसिंह नगर जिले में वाय् प्रदूषण की रोक थाम के लिए किये गये कार्यों की रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दवारा गठित जिला स्तरीय कमेटी को प्रस्त्त की जाएगी जिलाधिकारी रंजना राजग्रू ने सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिये यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी जिलाधिकारी ने प्रद्षण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय बनाते हये कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए डिजी लॉकर कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों के लिए डिजी लॉकर की सुविधा शुरू कर दी गई है

शेष छात्रों का ब्योरा जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा इंटरनेट आधारित डिजी लॉकर सेवा के जरिए छात्र जन्म प्रमाणपत्र पासपोर्ट शैक्षणिक प्रमाणपत्र समेत अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन स्रक्षित रख सकते हैं अब छात्र छात्राओं को अपने साथ फोल्डर में ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी